अमरीका के शिकागो में आयोजित दूसरे विश्व हिन्दू सम्मेलन के लिए अपने संदेश में श्री मोदी ने हिन्दू दर्शन से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आहवान किया भारतीय मूल के अमरीकी भरत बराई ने शिकागो में कल शुरु हुए विश्व हिन्दू सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शिकागो में दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन के समापन समारोह में कल भारतीय समुदाय को सम्बोधित करेंगे

बैठक में राष्ट्रीय और विभिन्न राज्यों की कार्यकारिणी के सदस्य भाग ले रहे है पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि कार्यकारिणी सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेगी बैठक के पहले सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन भाग ले रहे है दोपहर बाद राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक श्रू होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे

नई दिल्ली में कल वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन में डेटा विशलेषण और गतिशीलता के विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि निजता के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में भी कहा है कि इसकी आड़ में नवाचार की अनदेखी नहीं की जा सकती श्री प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया का उद्देश्य आम लोगों के बीच कम कीमत पर तकनीक को बढ़ावा देना है

श्री राठौड ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि य्वा खिलाड़ियों को असाधारण प्रदर्शन के लिए अपने जीवन का बेशकीमती समय देना होता है इसलिए उनकी उचित क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए श्री राठौड ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है श्री राठौड के साथ इस भेंट वार्ता का प्रसारण आज रात साढे आठ बजे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित किया जायेगा जिसे राज्य के सभी केन्द्र रिले करेंगे

न्यायाधीश आर एस राठौड और डॉक्टर सत्यवान सिंह की पीठ ने मंदिर के आस पास अवैध निर्माणों को हटाने में लापरवाही बरतने की आलोचना की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एनजीटी को बताया कि मंदिर के आस पास काफी अतिकमण हटाया जा चुका है और भरोसा दिलाया कि मंदिर के आस पास अब कोई अतिकमण नहीं होने दिया जायेगा

इस दल ने जिले के चिकित्सा अधिकारियों के साथ ओसियां ब्लॉक के सीएचएसी और पीएचसी केन्द्रों का अवलोकन किया और गांवों में जाकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की

उन्होंने बताया कि अब तक दस लाख दिव्यांगों का पंजीकरण किया जा चुका है और उनके लिये पहचान पत्र भी बनाये गये हैं जिसके आधार पर दिव्यांग देश में कहीं भी अपने लिये निर्धारित लाभों का उपयोग करने में समर्थ है

राजस्थान उच्च न्यायालय सहित सभी निचली अदालतों में मामलों को राजीनामे से निपटाने के प्रयास किये जा रहे है

मेर्ले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे मुख्य मेला कल आयोजित किया जायेगा मेले में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित राजनीतिक और सिख पंथ की हस्तियां शिरकत करेंगीं